हरियाणा के विभिन्न मंत्रियों ने प्रदेश के बजट की प्रशंसा की है

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की द्री अभी भी जरूरी है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान एक महत्वपूर्ण ऊंचाई तक पहंचने जा रहा है यहां लगभग तीन करोड़ टीका लगाया जा च्का है

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को दो फरवरी से कोविड टीका लगाना शुरू किया गया था

हरियाणा के बिजली अक्षय ऊर्जा एवं जेल मंत्री णजीत सिंह ने राज्य के आगामी वर्ष के बजट को सबका साथ सबका विकास पर आधारित बताते हुए इसे प्रदेश के विकास को गति देने वाला कहा है उन्होंने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के त्जुर्बे की साफ झलक दिखाई देती है जिन्होंने कोरोना संकटकाल में भी राज्य की वित व्यवस्था को सेहतमंद रखा ये बजट कृषि से लेकर स्वास्थ्य व शिक्षा सहित हर क्षेत्र के साथ साथ किसान य्वा व आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है बिजली मंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी के बावजूद प्रदेश की वित व्यवस्था को सेहतमंद रखते हए मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है वह काबिले तारीफ है

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना संकट के बावजूद बजट में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता में ाई रूपये की ब ोतरी कर प्रदेश के ब्जुर्गों का मान सम्मान ब ाया है

राज्यमंत्री ने कहा कि बजट में पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार ने सात जिलों में समेकित सैनिक सदन बनाने की योजना बनाई है हरियाणा के परिवहन खनन एवं कौशल मंत्री मुलचंद शर्मा ने कहा है कि वह बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास प्रे लगन के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं श्री शर्मा आज बल्ल्भगढ़ में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनी सेक्टर और झग्गी झोपड़ियों सहित तमाम क्षेत्रों में सड़कें स्वच्छ पेयजल सप्लाई लाईनें गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज बिजली व आध्निक तकनीक से तैयार सीवरेज सिस्टम के पार्को का सौंदर्यीकरण सामूदायिक भवनों धर्मशालाओं का निर्माण व नवीनीकरण में जोर दिय जायेगा

श्री मोदी ने अपने टवीट में कहा है कि ये कार्यक्रम विभिन्न विचारों को लोगों के समक्ष रखने रूचिपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने व देशभर की प्ररेणापरक जीवन यात्रा से जुड़ी बातों को सांझा करने का अवसर प्रदान करता है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने विचार अगले मन की बात कार्यक्रम के लिए सांझा करें

हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि विपक्ष दवारा विभिन्न मुददों पर फैलाया जा रहा भ्रम राष्ट्र के नागरिकों के लिए न्कसानदायक है कृषि कानूनों और यहां तक की कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर पैदा कर विपक्षी पार्टियां जनता के हितों के साथ खेल रहीं हैं वे आज हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे